प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित देषभर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये प्रयासों की जानकारी ली इस मौके पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पांचवी वीडियो कांफ्रेसिंग है बंगलूरू सेंट्रल से विषेष श्रमिक ट्रेन आज एक हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर बोकारो पहुंची बोकारो स्टेषन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा समी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गयी इसके बाद जिला प्रषासन द्वारा उपलब्ध कराये गये विषेष बस से मजदूरों को गृह जिले के लिए रवाना किया गया इस मौके पर श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की भारतीय रेलवे ने कल से यात्री रेलगाडियों की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है

ये रेलगाडियां नई दिल्ली से डिबरूगढ अगरतला हावडा पटना बिलासपुर रांची भूबनेश्वर सिकंदराबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवनंतपुरम मडगांव मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी इस बीच गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि कल से चलने वाली यात्री रेलगाडियों के लिए मानक चालन प्रक्रिया जारी की गयी है इसके तहत सिर्फ कंफर्म ई टिकट धारक को ही रेलवे स्टेशन पर जाने की अनुमति होगी

विशेष श्रमिक रेलगाड़ी में अब एक हजार दो सौ की बजाय लगभग एक हजार सात सौ यात्री जाएंगे नये आदेश के अनुसार संबंधित राज्य के अनुरोध पर उस राज्य में गंतव्य स्टेशन के अलावा ये रेलगाड़ियां तीन अन्य स्टेशनों पर भी रूकेंगी

हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेष प्रताप सिंह ने कहा है कि जिले में लगभग पचास हजार प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं इनमें से लगभग अठारह हजार मजदूर रेड जोन एरिया से आ रहे हैं इन मजदूरो को आने के बाद क्वारेंटीन में रखने की व्यवस्था की जा रही है श्री सिंह आज हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुम्बई के धरावी से आये बरकटठा के बेलपटटी निवासी की कोरोना जांच पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आये चालीस से अधिक लोगों की पडताल कर क्वारेंटीन में रखने और स्वास्थ्य जांच करने का निर्देष दिया गया है

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने वैध्यिक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लोगों से विषेष साक्षानियां बरतने की अपील की है श्री अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में प्रेसवार्ता में बताया कि पिछले चौबीस घंटे में चार हजार दो सौ तेरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गयी है जबकि एक हजार पांच सौ उनसठ मरीज स्वस्थ हुए हैं और सतानवे मरीजों की मौत हुई है

इधर झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर एक सौ साठ हो चुकी है इनमें से उन्यासी सक्रिय मरीज हैं जबकि तीन मरीजों की मौत हो चुकी है

श्री तोमर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नयी मंडियों की शुरूआत करते हुए कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए ई नाम मंडियों को सुदुढ करने के प्रयास जारी है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

श्री गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव को गर्भवती महिलाओं का समुचित इलाज सुनिष्चित कराने का भी निर्देष दिया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है लॉक डाउन के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिषा निर्देषों के बाद पाकड़ जिले की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य होने लगी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में प्रौद्योगिकी का स्तर बढाने में योगदान कर रहे वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के प्रयासों की सराहना की है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र उन सभी लोगों के प्रयासों को सलाम करता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन में रचनात्मक बदलाव ला रहे हैं

उन्होंने कहा कि पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास में मील का पत्थर था

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मौजुदा येतन में किसी भी तरह की कटौती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एक ट्वीट में मंत्रालय ने आज कहा है कि मीडिया में इससे संबंधित खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी इन खबरो को फर्जी बताया है एक निजी चैनल ने खबर दी थी कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में तीस प्रतिशत की कटौती कर रही है

परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड चालक एवं परिवहन सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया

चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के विरूद्व कार्रवाई करते हुए लगभग पचास लाख रूपये मूल्य की अफीम बरामद की है सुरक्षा बलों ने बेंगोखर्द गांव के एक घर से संतावन किलोग्राम अफीम और डेढ किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण मंत्री सत्यानंद भोगता ने कहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है पूर्व मुख्यमंत्री रघ्यवर दास ने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री कृषि आषीर्वाद योजना को पूनः शुरू करने की मांग की है